आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण का फैलाव अन्य देशों की तूलना में काफी कम है

उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं और दोनों ही वैक्सीन द्निया की अन्य वैक्सीन के मुकाबले किफायती हैं उन्होंने कहा कि चार और वैक्सीन निर्माण का कार्य भी चल रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण तक दूसरी वैक्सीन भी उपलब्ध होंगी

स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशान्सार सभी तैयारियां की गई हैं

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि कल कोल्डचेन की व्यवस्थाओं कोल्डचेन प्वाइंट से बूथ तक वैक्सीन पहुंचाने टीकाकरण निगरानी कक्ष प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्थाओं को परखा जायेगा उधर रुद्रप्रयाग में भी कल ड्राईरन की तैयारियां पूरी हो गई हैं इस दौरान पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होमगाईस के जवान भी तैनात रहेंगे टीकाकरण पिथौरागढ पिथौरागढ़ जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर तैयारियां जारी हैं

जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय को भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उन्होंने ड्राई रन की भी सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये बजट सुझाव मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समाज के प्रबुद्ध लोगों युवाओं और महिलाओं से आपका बजट आपके स्झाव के तहत अपने अमूल्य स्झाव देने की अपील की है म्ख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जायेगा इसके लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे उन सुझावों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा

कोई भी व्यक्ति राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय की वेबसाइट और मोबाइल एप उत्तराखंड बजट से डाउनलोड कर अपना सुझाव दे सकते हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पहले स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से सोमवार से ट्रेनों का संचालन श्रू हो गया है सुबह साढ़े दस बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस यहां पहंची जिसका तीर्थनगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना राज्य के लिए लाइफलाइन साबित होगी इनके बनने पर राज्य में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बड़े पैमाने पर आजीविका के संसाधन विकसित होंगे

बर्ड फ्लू प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ अमिता उप्रेती ने बर्ड फ्लू संक्रमण रोकने के लिए सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए गए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम को तैयार रखें एडवाइजरी में जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए कि जिला स्तर पर पर्याप्त मात्रा में एंटी वायरल औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विभागीय रैपिड रिस्पांस टीम में पश्धन प्रसार अधिकारी को शामिल करने के निर्देश दिये गए हैं

कोविड वैक्सिन के प्रति भांतियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने पत्रकार वार्ता की उन्होंने बताया कि देश में बना कोविड वैक्सिन सुरक्षित है इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की

उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स को सुपरवाइजर के तौर पर तैनात किया गया है पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में आमजन को वैक्सीन लगेगी

जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की गाईडलाइन के अन्सार पूरा काम हो रहा है

इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया श्रू नहीं हुई है साइट ख्लते ही पंजीकरण किया जाएगा

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द महान आध्यात्मिक विचारक और वक्ता थे उन्होंने भारतीय दर्शन और हमारी महान संस्कृति के महत्व को दुनिया से अवगत कराया